वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की जनसभाएं

इजराइल पर केन्द्रित रहेगा महोत्सव

प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के दिग्गज नेता राज्य में सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झाबुआ और रीवा में जनसभा को सम्बोधित किया श्री मोदी ने रीवा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में किसानों के खेतों में अट्ठाइस लाख सोलर पम्प लगवाये जायेंगे इन पम्पों के जरिए सिंचाई की जायेगी उसके बाद जो बिजली बचेगी उसे किसान अपने घरों में इस्तेमाल कर सकेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनेगा वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि पानी बिजली सड़क और स्वास्थ्य योजनाओं में कांग्रेस बाधा डालने का काम कर रही है वहीं केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नोटबंदी को देशहित में लिया गया निर्णय बताते हुए आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ हुआ है उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश में दो लाख से अधिक फर्जी कम्पनियां पकड़ी गई हैं केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी आज प्रदेश में सभाएं की

केन्द्रीय विदेश मंत्री ने इंदौर में चुनाव प्रचार किया उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भोपाल में प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए पत्रकारों से कहा कि पिछले पन्द्रह सालों से झूंठी विकासदर झूंठे कृषि विभाग झूंठी सिंचाई व्यवस्था दिखाई दे रही है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री के गृह जिले के चौबीस गांवों के किसानों ने राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की मांग की वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि भाजपा गूजरात चुनाव की तरह सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग कर ईमानदार व्यापारियों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर उन पर भाजपा के पक्ष में काम करने का दबाव डाल रही है केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ग्वालियर जिले के नवगॉव में जनसंपर्क किया इसके बाद श्री तोमर ने भीतरवार के अमरोल में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए

कमलनाथ कल छिंदवाड़ा नरसिंहपुर और रायसेन में जनसभाएं करेंगे वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटा के पटेरा पवई के शाहनगर मैहर सिंहावल कोतमा मानपुर और वीरसिंहपुर में जनसभाओं को संबोधित किया

वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भोपाल में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों महिलाओं के उत्थान और कानून व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है श्री अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का शतप्रतिशत कर्ज माफ किया जायेगा साथ ही पांच हजार करोड़ रूपये का किसान फण्ड भी बनाया जायेगा समाजवादी पार्टी ने गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प भी व्यक्त किया

मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा

मतदाताओं खासतौर पर महिलाओं चुवाओं और बुजुर्गो में वोट डालने के लिए बड़ा उत्साह दिखाई दिया

विदेश मंत्री केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्वास्थ्य कारणों से अगला चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है उन्होंन आज इन्दौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बात कही श्रीमती स्वराज ने कहा कि वेसे यह फैसला पार्टी का होता है लेकिन वे मन बना चुकी हैं कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगी गौरतलब है कि श्रीमती स्वराज विदिशा से सांसद हैं

संभाग में कुल ग्यारह हजार दो सौ सत्यासी मतदान केन्द्र बनाये गये हैं इनमें से दो सौ तेरासी मतदान केन्द्र संवेदनशील और एक हजार सात सौ चौरान्वे मतदान केन्द्र अति संवेदनशील चिन्हित किये गये हैं इन मतदान केन्द्रों में से आठ सौ अस्सी मतदान केन्द्रों में वेब कास्टिंग की जायेगी वहीं आठ सौ चौंतीस मतदान केन्द्र सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेंगे साथ ही चार सौ सत्यासी मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गया है संभाग में आठ सौ पिच्चासी मतदान केन्द्र ऐसे हैं जो पूरी तरह महिला मतदानकर्मियों द्वारा संचालित होंगे और तीस मतदान केन्द्रों में दिव्यांग मतदानकर्मी चुनाव की व्यवस्था संभालेंगे इंदौर संभाग के धार जिले में नौ सौ तिहत्तर मतदान केन्द्र बनाये गये हैं झाबुआ जिले में एक हजार नौ सौ इक्कीस खंडवा जिले में एक हजार एक सौ इक्यावन खरगोन जिले में एक हजार छह सौ बयालिस बड़वानी जिले में एक हजार दो सौ पेंतीस बुरहानपुर जिले में छह सौ पचास अलिराजपुर जिले में पांच सौ निन्यानवे मतदान केन्द्र बनाये गये हैं संभाग के आठ जिलों में अट्ठासी लाख तेइस हजार नौ सौ छियासठ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतदाता जागरूकता प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्वेश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है उमरिया जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं

वे इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को मिलाद उन नबी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पेगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने विश्व में शान्ति एकता और भाईचारे के संदेश का प्रसार किया उनका व्यक्तित्व कृतित्व और आदर्श पूरी दुनिया के लिये अनुकरणीय है

उदघाटन समारोह बाबोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हो रहा है सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर और अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई विशिष्ट लोग इस अवसर पर मौजूद हैं महोत्सव के अपर महानिदेशक चैतन्य प्रसाद ने बताया कि उद्घाटन समारोह नये भारत और सिनेमा की विभिन्न शैलियों पर केन्द्रित थे

फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की शुरुआत शाजी करुण निर्देशित मलयालम फिल्म ओलू से होगी इस बार का महोत्सव इस्राइल पर केंद्रित है और इसमें झारखंड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

खेल मंत्री गोवा में पणजी के पास सेसा फुटबाल अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे कर्नल राठौड़ ने कहा कि खेल युवाओं के लिए पूर्णकालिक करियर बन गया है और राष्ट्रमंडल तथा एशियाई खेलों में कई पदक जीते हैं और ओलंपिक में पदक जीतने की क्षमता रखते हैं खेलो इंडिया का उल्लेख करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि यह एक जमीनी स्तर का कार्यक्रम है जो विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराता है